त् केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से पूर्णबंदी के दौरान जमाखोरी रोकने और आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य सुनिश्चित करने का दिया निर्देष

केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन अगले महीने की तीन तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं श्री मोदी ने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा संरोधन क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी और लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि यह संक्रमण नये क्षेत्रों में न फैल सके उन्होंने कहा कि इस महीने की बीस तारीख तक हॉट स्पॉट के प्रबंधन तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के संदर्भ में सभी राज्यों जिलों और क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जायेगी

उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी श्री मोदी ने कहा कि नये दिशा निर्देश बनाते समय गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है

उन्होंने कहा कि लोगों ने मुश्किलें उठाकर देश को बचाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए लोग एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं

श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर की गई तैयारी से इस महामारी पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सका है

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे डॉक्टरों नर्सों सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों जैसे कोरोना योद्वाओं का सम्मानित करें

उन्होंने कहा कि सरकार के समेकित रवैये और समय पर लिये गये फैसलों से देश विकसित देशों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है

इसके अलावा एक लाख बिस्तरों की व्यवस्था की गई है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ना जरूरी है सभी को इसका सख्ती से पालन करना है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा सुद्रढ़ करने के साथ बाहर रह रहे श्रमिकों के लिए भी डीबीटी के माध्यम से जल्द मदद पहुंचाने के लिए प्रयासरत है गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड के जहनाडीह गांव में दो कोरोना मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन अधिक सतर्क हो गया है

राज्य प्रशासन की मदद से पूरे देश में दवाओं की उपलब्यता सुनिश्चित की जा रही है औषधि निर्माण और चिकित्सा उपकरण उद्योग से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में फार्मास्युटिकल सचिव डॉक्टर पीडी वाघेला की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए बैठक हुई बैठक में स्पष्ट किया गया कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास से पूर्वोत्तर में दवाओं की आपूर्ति संबंधी मुद्दों का समाधान किया गया है श्री वाघेला ने बताया कि औषध निर्माण विभाग विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए लगातार राज्यों और संबंधित विभागों के संपर्क में है जमषेदपुर में लोगों को घर घर सामान पहुंचाने के लिए प्रषासन की ओर से वॉलेंटियर्स की तैनाती की जा रही है

आकाशवाणी से बातचीत में आयोग के अध्यक्ष वी के सक्सेना ने बताया कि इनको हाथ से बुने हुए खादी के कपडे से बनाया गया है जिसमें आसानी से सांस ली जा सकती है अखिल भारतीय कृषि व्यापार पोर्टल ई नैम की शुरुआत के आज चार वर्ष पूरे हो रहे हैं कृ षि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम से कृषि उत्पादन के लिए एक राष्ट्र एक बाजार की परिकल्पना पूरी करने में मदद मिली है

कृषि मंत्री ने कहा कि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत में कृषि बाजार के सुधार में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा

उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए बैठक की उन्होंने निर्देश दिया कि स्थानीय बाजारों में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्यता बनाए रखने के लिए प्रभावी योजना शुरू की जाए उपभोक्ता कार्यमंत्री ने रबी मौसम के लिए गेहूं खरीद शुरू करने के सभी आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि खरीद के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए देशभर में गेहू की सरकारी खरीद कल से शुरू हो जायेगी हालांकि सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने पर रोक लगाने के लिए खरीद केन्दों पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने की शर्त लागू की है इस वर्ष बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद रबी फसल का बंपर उत्पादन हुआ है और किसानों को उनके कृषि उत्पाद की खरीद के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों के सहयोग की जरूरत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक के दौरान यह मुद्दा उठा था जिसमें राज्यों ने श्री मोदी को खरीद शुरू करने के स्थानों पर किर्ये गये उपायों के बारे में जानकारी दी थी

भारत सरकार द्वारा विकसित यह ऐप्प कोरोना संक्रमित आस पास के लोगों के बारे में जानकारी देगा धनबाद जिले में भी लोग इस ऐप्प को अपने मोबाईल फोन में डाउनलोड कर कोरोना की लड़ाई में एकज़्टता प्रदर्षित कर रहे हैं

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भारतर त्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की

भारतीय रेल की प्रीमियम रेलगाडियां मेल एक्सप्रेस पैसेंजर और उपनगरीय ट्रेनें कोलकाता मैट्रो रेल कोंकण रेलवे और ऐसी सभी यात्री रेलगाडियां तीन मई की मध्य रात्रि तक निलंबित रहेंगी